आज उत्तरप्रदेश के दौरे पर रवाना होने से पहले रायपुर विमानतल पर पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्जमाफी का वादा एक बार के लिए ही किया गया था हर साल कर्जमाफी नहीं की जाएगी साथ ही श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार चुनाव के दौरान घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुरूप समर्थन मूल्य पर किसानों से हर साल धान खरीदी करेगी गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों की कर्जमाफी का वादा किया था एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि ऑनलाइन टेंडर की जगह मेन्यूवल टेंडर बुलवाने का निर्णय सिर्फ बस्तर और नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए लिया गया है उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में लोग ऑनलाइन टेंडर ले लेते हैं लेकिन फिर काम नहीं करते मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है उन्होंने कहा कि छोटे छोटे ठेकों के माध्यम से बस्तर के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने एक बयान जारी कर कहा है कि राज्य सरकार को इस बारे में श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि अब तक कितने किसानों का कर्जा माफ किया और कितने किसानों का कर्ज अभी बकाया है श्री कौशिक ने आरोप लगाया कि सरकार ने वादाखिलाफी करते हुए न तो राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित अन्य वित्तीय संस्थानों से किसानों द्वारा लिए गए अल्पकालीन ऋण को माफ किया है और न ही अन्य कृषि ऋण को माफ किया गया है मुख्यमंत्री फसल सर्वे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में पिछले दो दिनों से हो रही असमय बारिश के कारण फसलों की क्षति का आंकलन करने को कहा है इसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव से सभी जिलों में बारिश से हुई क्षति और फसल का सर्वे कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है साथ ही श्री बघेल ने प्रभावित किसानों को हर संभव आवश्यक मदद देने के निर्देश दिए हैं राज्यपाल सुपेबेड़ा दौरा राज्यपाल अनुसुईया उइके आज गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी से पीड़ित लोगों का हालचाल जानने पहुंची इस अवसर पर उनके साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी थे इस मौके पर राज्यपाल ने प्रभावित परिवारों को भरोसा दिलाया कि अब किडनी रोग से पीड़ित लोगों का रायपुर के डीकेएस और एम्स अस्पताल में निःशुल्क इलाज कराने की व्यवस्था की जाएगी साथ ही उनके परिजनों के भोजन तथा ठहरने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी राज्यपाल ने वाटर फिल्टर प्लांट जल्द ही शुरू करने तथा देवभोग में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन सिविल अस्पताल के रूप में करने के साथ ही यहां ब्लड बैंक की स्थापना करने के निर्देश भी दिए राज्यपाल ने ग्रामीणों से बातचीत के दौरान कहा कि यहां के लोग लंबे समय से किडनी रोग की समस्या से जूझ रहे हैं और अब उनकी समस्या के समाधान के लिए शासन के साथ वे भी जिम्मेदारी लेती है राज्यपाल ने आश्वासन दिया कि किडनी रोग से पीड़ित लोगों को रायपुर में रेडक्रास सोसायटी से निःशुल्क ब्लड प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी उन्होंने कहा कि सुपेबेड़ा और उसके आसपास के गांव में समय समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि तेल नदी पर सेंघमुड़ा के पास पुल निर्माण के लिए करीब दस करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं साथ ही तेल नदी में वाटर फील्डर प्लांट के लिए चौदह करोड़ रूपए की स्वीकृति भी दी गई है सुपेबेड़ा प्रवास के दौरान जिला अधिकारियों की बैठक में राज्यपाल ने ग्राम पंचायत के माध्यम से किडनी प्रभावित परिवारों की सूची बनाने के निर्देश दिए उन्होंने अधिकारियों को यहां जागरूकता अभियान चलाने को भी कहा चित्रकोट उपचुनाव चित्रकोट विधानसभा के लिए कल हुए मतदान के अंतिम आंकड़े आ गए हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार कल चित्रकोट विधानसभा उप चुनाव में अठहत्तर प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया गया इस उप चुनाव में मतदान के बाद कही पर भी पुनर्मतदान की स्थिति निर्मित नहीं हुई है साथ ही कही से किसी भी अप्रिय घटना की सुचना नहीं मिली है मतदान के बाद ईव्हीएम मशीनों को जगलदपुर के धरमपुरा स्थित शासकीय महिला पॉलीटेक्निक कॉलेज के स्ट्रांग रूम में लाकर सील कर दिया गया है यहां सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं इस उप चुनाव के लिए मतगणना परसों चौबीस अक्टूबर को होगी मतगणना कार्य की पूरी जिम्मेदारी इस बार महिला कर्मचारियों को सौंपी गई है गौरतलब है कि इस उप चुनाव में एक महिला सहित छह उम्मीदवार मैदान में हैं यहां से भाजपा ने लच्छुराम कश्यप को तो वहीं कांग्रेस ने राजमन बेंजाम को अपना उम्मीदवार बनाया है

गृह सचिव विशेष विमान से नई दिल्ली से सीधे जगलदपुर पहुंचेंगे उनके साथ सीआरपीएफ के महानिदेशक और इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के डायरेक्टर भी आ रहे हैं केन्द्रीय गृह सचिव जगदलपुर में बैठक लेंगे इस बैठक में राज्य के पुलिस महानिदेशक के साथ ही बस्तर के आयुक्त पुलिस महानिरीक्षक और बस्तर संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी शामिल होंगे इसके बाद केन्द्रीय गृह सचिव रायपुर आकर यहां मंत्रालय में भी महत्वपूर्ण बैठक लेंगे जिसमें पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे बैठक के बाद केन्द्रीय गृह सचिव नई दिल्ली रवाना हो जाएंगे हाथी आतंक महासमुंद जिले से तेरह हाथियों का दल विचरण करते हुए आज रायपुर जिले में पहुंच गया मिली जानकारी के अनुसार आरंग के सेजा और डुमहा गांव में हाथियों का दल देखा गया है सुरक्षा के दृष्टि से वन विभाग ने आस पास के गांवों में मुनादी करवा कर ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है

उन्होंने बताया कि वन कर्मचारियों को क्षेत्र में निगरानी के लिए तैनात किया गया है वहीं बिलासपुर जिले के पेंड्रा इलाके से खबर मिली है कि यह मौजूद बाईस हाथियों का दल अमारू गांव होते हुए कोरबा के जंगलों की तरफ बढ़ गया है इन हाथियों ने मझगवां धनपुर महोरा आदि गांवों में सैंकड़ों एकड़ में लगी फसल को रौंद दिया है पीडीएस गुड़ वितरण बस्तर क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से जल्द ही गुड़ का वितरण किया जाएगा खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया बैठक में इस वर्ष होने वाले चावल उपार्जन कार्य के लिए प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से एक सौ आठ कर्मियों से सेवाएं लेने पर सहमति दी गई है इसके अलावा बैठक में चना वितरण कार्य की भी समीक्षा की गई अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष बीपीएल परिवारों के साथ साथ एपीएल परिवारों को भी चावल प्रदान किया जाएगा नागरिक आपूर्ति निगम के महाप्रबंधक निरंजन दास ने बताया कि निगम द्वारा एकीकृत कॉल सेंटर को अत्याधुनिक बनाकर संचालित किया जाएगा इस कॉल सेंटर के जरिए आम नागरिक पीडीएस से संबंधित शिकायते दर्ज करा सकते हैं